केंद्र ने सेवा के दौरान दिव्यांगता का शिकार होने वाले कर्मचारियों को भी दिव्यांगता क्षतिपूर्ति देने का लिया निर्णय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि आज के स्टार्टअप्स ही कल की बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं श्रीमोदी ने कल ओडिशा में भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम संबलपुर के स्थायी परिसर की आधारशिला वर्यअल माध्यम से रखते हुए यह बात कही बीते दशकों में एक ट्रेंड देशने देखा बाहर बने मल्टीनेशनल्स बड़ीसंख्या में आए और इसी धरती पर आगे भी बढे ये दशक और ये सदीमारत में नए नए मल्टीनेशल्स के निर्माण का भारत का सामर्थय दुनिया में छा जाए इसके लिए ये उत्तम कालखंड आया है आज के स्टार्टअप ही कल के मल्टीनेशनल्स है

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने कोविड संकट के दौरान चुनौती को अवसर में बदलते हए विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किए हैं कोविड संकट के बावजूद भारतने पिछले सातों की तुलना में ज्यादा यूनीकोन दिए हैं आज खेती से लेकर स्पेससेक्टर तक जो अमुतपूर्व रिफॉर्मस किए जा रहे हैं उनमें स्टार्टअपके लिए स्कोप लगातार बढ़ रहा है आपको इन नई संगावनाओं के लिए खुद को तैयार करनाहै आपको अपने वैरियर को भारत की आसायों और आकांकार्यों के साथ जोडना है इस नए दसकमें ब्रांड इंडिया को नई ग्लोबल पहचान दिलाने की जिम्मेदारी हम सब पर हैविशेष रूप से हमारे नौजवानों पर है श्री मोदी ने कहा कि स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रबंधन क्षेत्र से जुडे लोगों को अग्रणी भूमिका निभानी होगी तोकल को ग्लोबल बनाने केलिए आप सभी आईआईएम के युवा साथियों को नए और इनोवेटिव समाधान तलाशने हैं मुझेविखास है हमारे आईवाईएम्स आत्मनिर्भता के देश के मिशन में स्थानीय उत्पादोंऔर अंतर्राष्ट्रीय कोलोब्रेशन के बीच ब्रिज का काम कर सकते हैं

इतना बड़ा टेलेट पूल आत्मनिर्मारत अनियान को बहुत विस्तार दे सकता है आज दुनिया में अपॉर्चयूनिटी भी नई हैऔर मैनेजमेंट की दुनिया के सामने चौलेजिस भी नए है प्रधानमंत्री ने कहा कि संबलपुर का आईआईएम परिसर ओडिशा को प्रबंधन के क्षेत्र में नई पहचान दिलायेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को संबलप्र आईआईएम के मूल मंत्र के अनुरूप अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करना चाहिए

आपको इस मंत्र की ताकत के साथ देश को अपनीमैनेजमेंट सकेत दिखानी है आपको नए निर्माण को प्रोत्साहित करना ही है सभी के समावेश पर भी जोर देना है

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षकर्धन ने कल नई दिल्ली में मीडिया को यह जानकारी देते हए बताया कि सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे देश में कोविड का टीका सभी को निश्शत्क लगाया जाएगा स्वास्थ्य मंत्री ने कल कोविड टीकाकरण पूर्वाम्यास का जायजा लेने के लिए दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों का दौरा किया

भारत की सरकार सारे देश के लोगों को कोविड से हर प्रकार की प्रकिया के माध्यम से सुरक्षित रखना चाहती है वैक्सीन का डेवलपमेंट भी उसी प्रक्रिया में से एक प्रक्रिया है देशवासियों से अपील है कि ये वैक्सीन आपके स्वास्थ्य की ख्या के लिए है इसके बारे में कोई भी किसी प्रकार के अपने माइंड में मिसकसेपांस न बनाएं डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार टीकाकरण के लिए तय दिशा निर्देशों के साथ किसी तरह का समझौता नहीं करेगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मकर संक्रांति के आसपास राज्य में कोविड टीकाकरण की शुरूआत हो जायेगी श्री योगी कल गोरखपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में बहुखंडीय अधिवक्ता भवन का शिलान्यास करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयास से हम कोरोना को परास्त करने के काफी करीब है श्री योगी ने कहा कि आगामी पांच जनवरी को पूरे प्रदेश में टीकाकरण का पूर्वाभ्यास किया जायेगा

उन्होंने कहा कि एक छोटी सी लापरवाही इस मामले में बड़ा नुकसान देय हो सकती है

मुख्यमंत्री ने कल इस बात की घोषणा की कि आगामी मकर संक्रांति के आसपास लोगों को कोरोना का टीका उपलब्ध हो जाएगा

राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने कहा है कि प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने के लिये वृद्वाश्रम नारी गृह जेल मलिन और मजदूर बस्तियों आंगनबाड़ी केन्दों और प्राइमरी स्कूलों में टीबी रोग से ग्रसित मरीजों को गंमीरतापूर्वक चिन्हित करना चाहिये राज्यपाल कल राजभवन में दो से बारह जनवरी तक चलने वाले सक्रिय क्षय रोग खोज अभियान के शुभारम्म कार्यक्रम में बोल रही थीं उन्होंने कहा कि टीबी रोग को हराने के लिये सुनियोजित ढंग से कार्य योजना तैयार करनी चाहिये और इस अभियान से टीबी के साथ साथ एवआईवी और कुपोषित बच्चों को भी जोड़ा जाये श्रीमती पटेल ने क्षय रोग पर काबू पाने के लिये स्वयंसेवी संस्थाओं और जिले के अधिकारियों से सक्रिय भूमिका निभाने का आहवान भी किया केंद्र सरकार ने सभी सेवारत कर्मचारियों को दिव्यांगता क्षतिपूर्ति देने का फैसला किया है यदि कोई कर्मचारी सेवा के दौरान दिव्यांगता का शिकार हो जाता है और उसकी सेवाएँ दिव्यांग होने के बाद भी बरकरार रखी जाती हैं तो उन्हें दिव्यांगता क्षतिपूर्ति का लाभ दिया जाएगा कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह ने यह घोषणा की श्री सिंह ने कहा कि इससे केंद्रीय सशस्त्र पूलिस बल सीआरपीएफ बीएसएफ और सीआईएसएफ के युवा जवानों को बड़ी राहत मिलेगी उन्होंने कहा कि इस तरह की नई पहल का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के जीवन को सेवानिवृत्ति के बाद भी आसान बनाना है इससे वह कर्मचारी भी लाभान्यित होंगे जो इस समय पेंशन भोगी हैं या जिनके परिजन पेंशन ले रहे हैं सरकारी कर्मचारियों के हित में कार्मिक मंत्रालय ने हाल ही में एक और आदेश जारी किया था जिसके अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम दस वर्ष की सेवा शर्त में छूट दी गई थी उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में भीषण ठंड से राहत मिलने का अनुमान है मौसम विमाग ने अगले तीन दिनों के दौरान प्रदेश के पश्चिमी अंचल के कई स्थानों पर तापमान में तीन से पांच डिग्री सेल्सियस की बढ़ोत्तरी की संभावना जताई है मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि आज सहारनपुर शामली मुज़फ़रनगर मेरठ गाज़ियाबाद आगरा बरेली मुरादाबाद मथुरा सहित कई इलाको में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं